इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वे भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है जिन्होंने हर परिस्थितियों में देश की रक्षा की है इस मौके पर ऊना में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि नागरिकता कानन में संशोधन से शर्णार्थियों को सम्मान भरा जीवन मिलेगा उन्होंने विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वे अल्पसंख्यकों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश में अब तक लगभग डेढ़ लाख पात्र परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं

उन्होंने कहा कि ये योजना प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आरंभ की गई है

राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में रोजगार सुजन की अपार संभावनाए हैं राजीव सैजल आज चंबा में हिमाचल में सहकारिता आंदोलन व संभावनाएं विषय पर आयोजित एक दिवसीय सहकारी सम्मेलन के मौके पर बोल रहे थे

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने इस मौके पर कहा कि हमें स्वयं आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए दूसरों से ली गई प्रेरणा भी तभी उपयोगी साबित होती है जब कोई व्यक्ति उसे व्यवहारिक तौर पर अपनाता है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के उददेश्य से खेलकृद प्रतिभा खोज कार्यक्रम आरंभ करेगी इसके तहत खेल प्रतियोगिताओं में अनुभवी शिक्षकों का चयन किया जाएगा विपिन परमार आज शहीद विक्रम बत्तरा कॉलेज पालमपुर में मध्यप्रदेश इंटर कॉलेज ताईक्वांडो प्रतियोगिता के शभारंभ के मौके पर बोल रहे थे परमार ने कहा कि ताईक्वांडो आत्म सुरक्षा के बहुत प्रभावी है और प्रदेश की बेटियां भी इसमें बढ़चढ़ कर भाग ले रही हैं उन्होंने खेलों को विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया उन्होंने ये भी कहा कि खेलों से बच्चे नशे से दूर रहते हैं डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं अमित कश्यप आज शिमला में बर्फबारी से बचाव व राहत कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि हिमपात के तुरंत बाद युद्धस्तर पर राहत कार्य आरंभ करने के लिए बेहतर समन्वय जरूरी है उपायुक्त ने बिजली व आईपीएच विभाग को भी युद्धस्तर पर कार्य करने को कहा ताकि लोगों को बिजली और पेयजल की किल्लत न हो